उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वह आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी प्ररी शक्ति लगाएं

प्रधानमंत्री ने कहा अन्संधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए तथा निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करने की आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक हमें दुनिया की बेहतरीन नीतियों को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लाभ केंद्रित दृष्टिकोण रखते हए इसे समाज के व्यापक हित में प्रयोग करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो य्वाओं को बहत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्ट अप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है श्री मोदी ने इस अवसर पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक सौ वर्षों से एसोचैम और टाटा सम्रह देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा हुआ है

चार सौ से अधिक उद्योग मंडल और व्यापार संघ इसके सदस्य हैं

राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर मे कल संवाददाताओ को संबोधित करते हए आई जी पी लॉ एण्ड ऑर्डर चुकु अपा ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगो पर नजर रखी जा रही है हथियार जमा कराए जा रहै है और रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढा दी गई है श्री अपा ने बताया कि सी आर पी एफ की नौ बटालियन सहित अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है उन्होंने कहा कि जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यभर मे दो हजार दो सौ अड़सठ पोलिंग स्टेशन है और फारेस्ट गार्ड के अलावा ईटानगर ट्रेफिक वार्डेन की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है इस अवसर पर राजधानी ईटानगर के प्लिस अधीक्षक जिमी चिराम ने बताया कि अब तक प्लिस पेट्रोलिंग के दौरान चार सौ लीटर शराब एक सौ सतहत्तर दाव और कई हथियार बरामद किए गए है उन्होंने कहा कि शांतिप्रर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए होलोंगी बंदरदेवा और ग्मटो चैकगेट को मतदान के दौरान बाइस दिसंबर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा

जारी अधिसुचना के अनुसार सरकार के अगले आदेश तक आवासीय विद्यालय और छात्रावास बंद रहेंगे सभी जिलो के उपाय्क्त शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलो में छात्रों के स्वास्थ्य और कोविड एसओपी का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे प्रदेश के कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी दिशा निर्देशो का पालन करते हुए बिना छात्रावास के खोलने की अनुमति दी गई है

राज्य में कोविड के सक्रिय मामले की संख्या घटकर दो सौ चौतीस हो गई है और अब तक सोलह जार तीन सौ बाइस कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके है राज्य स्वास्थ सेवा निदेशालय के अन्सार ग़रुवार को दर्ज किए गए नए मामलो में लोअर दिबांग वैली और ईस्ट सियांग से तीन तीन मामले चांगलांग और नामसाई से एक एक मामले शामिल है प्रदेश में कोविड रिकवरी दर अट्रानवे दशमलव दो छह प्रतिशत हो गई है और कल राज्य भर से जांच के लिए पांच सौ तेरह सैंपल लिए गए

हैदराबाद के पास इंडीगल में आज वाय् सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने वाय़ सेना में शामिल होने वाले नये अधिकारियों से कहा कि वे युद्ध की बदलती हुई रणनीतियों और चुनौतियों को लेकर सजग रहें तथा नई तकनीक के प्रयोग में अपने को सक्षम बनायें